त् सरकारी एजेंसियां आज से पूरे देश में गेहूं की खरीद शुरू कर रही हैं

लॉकडाउन बढने से परेषान होने की जरूरत नहीं

राष्ट्र के नाम संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि नए दिशानिर्देश तैयार करते समय सरकार ने गरीबों और दिहाड़ी कामगारों के हित ध्यान में रखे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत प्रयासों से भारत को इस संकट से निपटने में मदद मिली है श्री मोदी ने कहा कि बीस अप्रैल के बाद उन स्थानों में कुछ छट दी जा सकती है जहां संक्रमण नहीं मिलेगा उन्होंने कहा कि संक्रमण की दु ष्टि से सभी संवेदनशील स्थलों पर कड़ी सतर्कता बरती जाएगी और लॉकडाउन का सख्ती से पालने सुनिश्चित किया जाएगा श्री मोदी ने कहा कि बीस अप्रैल तक लॉकडाउन नियमों का पालन कराने और संक्रमणग्रस्त क्षेत्रों में प्रबंधन को लेकर सभी जिलों और राज्यों के प्रदर्शन पर बारीकी से नजर रखी प्रधानमंत्री ने कहा कि बीस अप्रैल के बाद जिन राज्यों में संक्रमणग्रस्त क्षेत्र नहीं मिलेंगे जाएगी या जो राज्य ऐसे क्षेत्रों के फैलाव पर अंकुश रखेंगे उनमें शर्तों के साथ कुछ महत्पूर्ण गतिविधियों के लिए छूट दी जाएगी प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के खिलाफ भारत का संघर्ष बहत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और लोगों ने दिक्कतें झेलते हुए इस संकट से देश को निकालने में सहयोग किया है उन्होंने कहा कि देश के लिए हर नागरिक एक अनुशासित सैनिक की भूमिका निभा रहा है प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन को सफल बनाने में लोगों के धैर्य और अनुशासन की सराहना की श्री मोदी ने कहा कि शीघ्र तैयारी करने से देश को संक्रमण से कारगर ढंग से निपटने में मदद मिली उन्होंने लोगों से सात बातों में सहयोग करने की अपील की इनमें ब्जूर्गों की देखभाल सुरक्षित दूरी बनाए रखना और गरीबों की मदद करना शामिल है उन्होंने लोगों से कोरोना योद्वाओं डॉक्टरों नर्सो सफाई कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों का सम्मान करने की भी अपील की

इससे राज्य भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढकर सताईस हो गई है राजधानी रांची में कल दो नए मरीज के मिलने से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढकर तेरह हो गई है

पलामू जिले के मेदनीनगर प्रखण्ड के सिंगरागांव के जगदीष ठाकुर को वृद्धावस्था पेंषन की राषि मिल गई है उन्होंने लॉकडाउन के दौरान इसे बड़ा सहारा बताया है वहीं गढ़वा जिले के सिलदाग निवासी चम्पा देवी उज्जवला योजना की लाभुक हैं उन्होंने बताया कि उनके खाते में रसोई गैस की राषि आ चुकी है लॉकडाउन में उन्हें कोई परेषानी नहीं है

सड़क किनारे खड़े होकर लोगों ने कोरोना वायरस से बचाव को लेकर जागरूकता फेला रहे और भूखों को भोजन करा रहे पुलिस कर्मियों का स्वागत किया स्थानीय नागरिकों ने बताया कि संकट की इस घड़ी में पुलिस की छवि कोरोना वॉरियर के रूप में उभरी है

संक्रमित लोगों की संख्या अब दस हजार आठ सौ पन्द्रह हो गई अब तक एक हजार एक सौ नब्बे रोगियों को उपचार के बाद अस्पताल से छट्टी दी गई है जबकि तीन सौ तिरपन लोगों की जान गई है

उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा बढ़ाने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है संक्रमित क्षेत्रों का आकलन करने के बाद उन क्षेत्रों को लॉकडाउन से ढ़ील दी जायेगी जहां वायरस के संक्रमण पर काबू पा लिया गया है

उन्होंने बताया कि महिला स्व सहायता समूह इस महामारी से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं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

इस वर्ष बेमौसम वर्षा और ओलावृष्टि के बावजूद रबी फसल की रिकॉर्ड उपज हुई है और किसानों को अपने कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए सरकारी खरीद एजेंसियों की मदद की जरूरत है उपभोक्ता कार्य मंत्री रामविलास पासवान ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से रबी मौसम दो हजार बीस इक्कीस की गेहू खरीद शुरू करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करने को कहा है उन्होंने कहा कि खरीद के दौरान सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए श्री पासवान ने कहा कि सभी खरीद केंद्र गोंदाम और कार्यालयों को अपने कर्मचारियों और कामगारों के लिए ड्यूटी रोस्टर बनाना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए श्रमिकों की कोई कमी न हो

उन्होंने कहा कि किसी को भी लॉकडाउन बढाए जाने पर चिन्ता नहीं करनी चाहिए ट्वीट संदेशों में गृहमंत्री ने लोगों से उनके पास में रहने वाले जरूरतमंद लोगों की सहायता करने की अपील की राज्य सरकारों की भूमिका की सराहना करते हुए श्री शाह ने कहा कि जिस तरह से राज्य सरकारें केन्द्र सरकार के साथ सहयोग कर रही हैं वह प्रशंसनीय है उन्होंने कहा कि हमें आपसी तालमेल ठीक करना होगा ताकि लोग लॉकडाउन का ठीक से पालन करें और किसी भी नागरिक को किसी भी चीज की समस्या न हो श्री शाह ने कहा कि इस लडाई में डॉक्टर स्वास्थ्यकर्मी सफाई कर्मचारी पुलिस और सभी सुरक्षाकर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान है

सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की टीम बनाई है जो इस संकट से निपटने के तकनीकी समाधान सुझाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मार्गदर्शन में बीस विशेषज्ञों की टीम ने आरोग्य ऐप विकसित किया है इस प्रौद्योगिकी पहल को विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक सहित देश विदेश की भरपुर सराहना मिली है

आकाशवाणी से विशेष बातचीत में डॉक्टर विजय राघवन ने कहा कि उद्योग जगत और शोधार्थी इस पर कार्य कर रहे हैं

हमारे संवाददाता ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों को घर में रहने आगंतुकों से बचने और व्यायाम तथा योगाभ्यास करने की सलाह दी गई है गृह मंत्रालय गृह मंत्रालय ने कहा कि देशभर में आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति है गृह मंत्रालय का नियंत्रण कक्ष आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को निगरानी कर रहा है गृह मंत्रालय की प्रतिनिधि ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत करीब अस्सी करोड़ लोगो को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के प्रतिनिधि ने बताया कि अब तक दो लाख तीस हजार से अधिक नमूनों की जांच की गई है रेल स्पष्टीकरण रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश में सभी यात्री सेवाएं लॉकडाउन के कारण तीन मई तक प्ररी तरह रद्द रहेंगी रेल मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि यात्रियों की भीड़ के लिए कोई विशेष रेलगाड़ी चलाने की योजना नहीं है मंत्रालय ने कहा कि सभी लोगों को यह स्पष्टीकरण ध्यान में रखना चाहिए और किसी भी अफवाह से बचना चाहिए क्छ क्षेत्रीय चैनल खबर दे रहे थे कि प्रवासी कामगारों को लिए मुम्बई से विशेष रेलगाड़ी चलाई जाएगी उधोग सूक्ष्म लघ् और मझौले उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने लॉकडाउन के बाद उद्यमों का कामकाज फिर शुरू करने में उद्योग जगत को सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है कल वीडियो कॉन्फ्रेंस र्क जरिए आयोजित सेमिनार में फिक्की के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में श्री गडकरी ने इस दिशा में सरकार के विभिन्न फैसलों की जानकारी दी उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ने सावधि ऋणों की पुनर्सरचना और कार्यकारी पूंजी सुविधाओं की अनुमति दी है

फिक्की के बयान में कहा गया है कि भारतीय उद्योग जगत सभी निर्देशों का पालन करेगा फिक्की को आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के क्षेत्र में काम कर रही इकाइयों के बारे में विस्तुत दिशानिर्देशों की प्रतीक्षा है फिक्की की अध्यक्ष संगीता रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री हम सबके लिए महान प्रेरणा के स्रोत रहे हैं और उन्होंने संकट के इस समय में जीवन के हर क्षेत्र से जुड़े लोगों को एकजुट किया है

सोशल मीडिया में फैलाई जा रही एक खबर में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा राशि को निकाला नहीं गया तो उसे वापस ले लिया जायेगा पत्र सुचना कार्यालय ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा है कि यह खबर बेबुनियाद है यह स्पष्ट किया जाता है कि लाभार्थियों के खातों में जमा की गई राशि वापस नहीं ली जायेगी

कृषि मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि रबी फसल के दौरान नैफेड ने न्युनतम समर्थन मुल्यों पर एक लाख इक्कीस हजार टन से अधिक दालों और तिलहनों की खरीद की इससे नवासी हजार से अधिक किसानों को लाभ हुआ